मतदान अंतिम चरण लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और केन्द्रशासित चंडीगढ़ में एकमात्र सीट के लिए मतदान होगा इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं इस चरण में प्रदेश में जिन आठ लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जायेगा उनमें खंडवा सीट प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है यहां भाजपा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है नंदकुमार सिंह चौहान भाजपा से और कांग्रेस से अरुण यादव चुनाव मैदान में हैं श्री चौहान यहां से पिछला चुनाव भी जीते थे उन्होंने श्री यादव को ही हराया था

निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की है भीषण गर्मी को देखते हुए आयोग ने मतदान वाले जिलों में बीट द हीट कार्यक्रम शुरू किया है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट परिसर से मतदान सामग्री वितरण का काम शुरू हो गया है यहां मतदान दलों के लिए चाय नास्ते की व्यवस्था भी की गई है वहीं धार में भी मतदान दल मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किये जा रहे हैं इन्दौर देवास उज्जैन खरगोन रतलाम नीमच बड़वानी से भी मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित किये जाने के समाचार मिले हैं संवाददाता सम्मेलन भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के आखिरी व्यक्ति को विकास का फायदा पहंचाना एनडीए सरकार की विशेषता है नई दिल्ली में कल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के इस तरीके से देश में शासन संचालन की नई संस्कृति उत्पन्न हुई है इस अवसर पर भाजपा अध्य्क्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने एक सौ तैंतीस योजनाओं का लाभ देश में सभी वर्गों तक पहुंचाया है श्री शाह ने कहा कि लंबे समय के बाद देश के लोगों ने ऐसा चुनाव देखा जिसमें भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा नहीं उठा वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि आम चुनाव के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना पार्टी की रणनीति है

हाईस्कूल के छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ फाइव प्रणाली लागू होने से छात्रों को दो विषयों में पूरक की पात्रता दी गई है जबकि हायर सेकंडरी के छात्रों को एक विषय में ही पूरक की पात्रता दी गई है ऐसे में पूरक की पात्रता वाले छात्र पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे पौध रोपण राजधानी भोपाल को हरा भरा बनाने के लिए इस मानसून सीजन में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे

इसकी जिम्मेदारी नगर निगम बीडीए सीपीए सहित अन्य सरकारी एजेंसियों को दी गई है

अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि बिना प्लानिंग के शहरीकरण से वनों के साथ ही भू जल स्तर के अलावा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रभावित किया है उन्होंने बताया कि बारिश में शहर को हरा भरा बनाने के लिए हरा भोपाल ठंडा भोपाल अभियान शुरू किया जाएगा

बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्दापूर्वक मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि अहिंसा शांति प्रेम करूणा और मानवता की सेवा के भगवान बुद्व के संदेश ने इतिहास और मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है वर्तमान में ये संदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में भगवान बुद्ध के दिखाए न्याय करूणा और भाईचारे के मार्ग पर चलने का आह्वान किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि करुणाशील और प्रज्ञा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने शुद्ध मन सबके लिए प्रेम और करुणा का संदेश दिया है

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने कहा कि मतगणना निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराई जायेगी

जिसमें तेज गति अनियंत्रित और ओवर लोडिंग वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई